प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देशभर में सात करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा सरकार ने कार्बन उत्सर्जन में पैंतीस प्रतिशत कमी लाने का रखा लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार राज्यपालों और उप राज्यपालों का दो दिवसीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में श्रू हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे ये राष्ट्रपति भवन में आयोजित पचासवां और श्री कोविंद की अध्यक्षता में तीसरा सम्मेलन होगा सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में जन जातीय मुददो कृषि सुधार जल जीवन मिशन नई उच्च शिक्षा नीति और जीवन सुगमता के लिए प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण मुददो पर विचार विमर्श होगा उप राष्ट्रपति एम वेकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जन जातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुण्डा और जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सात करोड़ से अधिक किसानों को फायदा हुआ है इस योजना के अन्तर्गत किसानों को हर साल तीन किस्तों में छह हजार रूपये दिये जाते हैं केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इस साल पहली दिसम्बर से इस योजना का फायदा उठाने के लिये आधार आंकड़ों का प्रमाणित होना जरूरी होगा उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों ने लामार्थियों को आघार आंकड़ों को प्रमाणित करने के बारे में जागरूकता और प्रचार अभियान चलाया है श्री तोमर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक करोड़ सड़सठ लाख से अधिक किसानों ने इस योजना का फायदा उठाया है जो देश के सभी राज्यों से अधिक है केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वायू प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए रोजाना कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया है वायु प्रदृषण और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कोयले पर आधारित ताप बिजली घरो को बंद कर दिया है श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि सरकार ने विभिन्न शहरो के लिए अलग प्रद्षण निवारण योजनाएं बनाई है

कार्बन एमिशन भी कम हुआ पॉल्यूशन भी कम हुआ

उन्होंने सदन को बताया कि भारत ने कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में बाईस प्रतिशत की कमी की है और अब इसे पैंतीस प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है

पर्यावरण मंत्री ने बताया है कि दिल्ली में वाय प्रदृषण की रोकथाम और उसे कम करने के लिए वर्ष दो हजार अट्ठारह में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के लागू करने समेत कई कदम उठाए गये हैं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपनाने को तैयार है केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में राज्य कैंसर संस्थान और उपचार केन्द्र स्थापित करने के पैंतीस प्रस्तावों को मंजूरी दी है स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौवे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी श्री चौवे ने बताया कि इन प्रस्तावों को कैंसर मध्मेह इदय और मस्तिष्क से सम्बंधित रोगों की रोकथाम के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्वीकृति दी गयी है उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटेन का बायोटेक्नोलॉजी और कैंसर अनुसंधान विभाग कैंसर रोगियों के लिए किफायती इलाज खोजने की पांच साल की अनुसंधान परियोजना में सहयोग कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध होगा केन्द्र सरकार ने फिर दोहराया है कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं किया जायेगा राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान उत्तर देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे का वाणिज्यिकरण किया जा रहा है उन्होंने जोर दिया कि रेलवे पर सरकार का पूरा नियंत्रण और मालिकाना हक रहेगा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यदि देश को विकास के पहले पायदान पर लाना है तो उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान पर लाना होगा श्री मौर्य कल बरेली में लगभग सैंतीस करोड़ रूपये की परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का विश्वास हमारे साथ है श्री मौर्य ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में एक सौ चौरानवे सेतुओं का निर्माण चल रहा है जिसमें से दस निर्माणाधीन सेतु बरेली में हैं प्रदेश में कृषि अवशेष और पराली जलाने के खिलाफ प्रशासन द्वारा काफी सख्ती बरती जा रही है इस मामले में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है औरैया जनपद में सेटेलाइट सर्वे और स्थलीय जांच के आधार पर एक सौ बान्नवे किसानों को नोटिस जारी करते हुए चार लाख अस्सी हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है औरैया और विधूना तहसील में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में असफल रहने पर पांच लेखपालों के विरूद्व प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए बत्तीस लेखपालों को चेतावनी जारी की गई अन्य मामलों में चार थानों के ग्यारह चौकी प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है पीलीमीत जनपद में पराली जलाने के मामले में बारह किसानों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने किसानों को शांतिमंग के आरोप में चालान कर उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया जहां से उनकी जमानत नामंजूर हो गई और उन्हें चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया उधर लखीमपुर खीरी में कई किसानों पर पराली जलाने के आरोप में मुकदमे दर्ज किये गये प्रतापगढ़ जनपद में फाइलेरिया को जड़ से समाप्त करने के लिए आगामी पच्चीस नवंबर से दस दिसंबर तक अभियान चलाकर दवा खिलायी जाएगी कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर बी पी सिंह ने बताया कि अभियान में जिले के सभी स्कूलों के बच्चों को शामिल किया गया है उन्होंने बताया कि फाइलेरिया की बीमारी मच्छर के काटने से होती है और इसके लक्षण दस से पंद्रह वर्ष बाद सामने आते हैं उन्होंने कहा कि दो वर्ष से अधिक की आय के प्रत्येक व्यक्ति को फाइलेरिया की दवा अवश्य खानी चाहिए उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कूलों के अलावा घर घर जाकर सभी को अपनी उपस्थिति में दवा खिलाएंगे कोलकाता के इडेन गार्डेस में भारत और बांग्लादेश के बीच गुलाबी गेंद से पहला डे नाइट टेस्ट भैच कल से शुरू हो गया भारत ने कल पहले दिन पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक तीन विकेट पर एक सौ चौहत्तर रन बना लिए थे चेतेश्वर पुजारा पचपन रोहित शर्मा इक्कीस और मयंक अग्रवाल चौदह रन बनाकर आउट हुए विराट कोहली उन्सठ और अजिंक्य रहाणे तेईस रन बनाकर क्रीज पर थे कोहली कप्तान के रूप में पांच हजार टेस्ट रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं और उन्होंने यह उपलब्धि सबसे कम पारियों में हासिल कर नया रिकॉर्ड भी बनाया है इससे पहले मेहमान बांग्लादेश की टीम पहली पारी में एक सौ छः रन पर आउट हो गई इशांत शर्मा ने पांच उमेश यादव ने तीन और मोहम्मद शमी ने दो विकेट लिये इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच को देखने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां मैदान में मौजूद रहीं